मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देव पालकियों को कंधा देकर मेले का विधिवत शुभारम्भ किया इस अवसर पर ददादू से एक शोभा यात्रा निकाली गई जो शाम के समय त्रिवेणी घाट के संगम तट पर पहुंची शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ज़िला प्रशासन ने मेले के लिए सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं इस बीच मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शुभारम्भ करेंगे इस दौरान एक स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा जयराम इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रेणुका बांध परियोजना के निर्माण का मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार परियोजना निर्माण के साथ साथ विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी गम्भीर है

किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के योजनाबद्व ढंग से समग्र व स्थायी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है धर्मशाला के कोतवाली बाज़ार में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे किशन कपूर ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और ज़रूरतमंदों तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी जनमंच शिमला जिले के सरस्वती नगर में आज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास को नई दिशा देने और जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल ग़हिणी सुविधा योजना चलाई गई है इसके तहत घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित परिवारों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं मुख्य सचेतक व जनमंच के संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने जनमंच कार्यक्रम को सफल बताया और कहा कि इससे विकास को और अधिक गति मिली है

इनके माध्यम से जहां उत्पादों के बेहतर दाम मिलेंगे वहीं स्वरोजगार गतिविधियों को भी बल मिलेगा ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले में क्टलैहड़ के लठियाणी में जिलास्तरीय सहकार दिवस में दी उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र की मज़बूती के लिए एक हज़ार करोड़ रूपए के बजट प्रावधान के साथ राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम स्थापित किया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की अपील की है चण्डीगढ़ में सिरमौर एसोसिएशन के एक समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है और इसके निवारण के लिए सभी का सहयोग ज़रूरी है बिंदल ने कहा कि सिरमौर में किसी भी क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी नहीं है लेकिन इसके सही विकास पर ध्यान देना ज़रूरी है बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने कहा है कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है कांगड़ा जिला के सदवां में आज एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद कर रही है बिक्रम ठाकुर ने युवाओं से अपनी संस्कृति न भूलने और बुजुर्गो का सम्मान करने का आग्रह किया राहत कल्लू जिले की सैंज घाटी के बड़शांघड़ गांव के अग्निकाण्ड प्रभावितों को प्रशासन ने फौरी राहत दी है बीती रात हुए इस भीषण अग्निकाण्ड में दो मकानों सहित एक मंदिर जलकर नष्ट हो गया

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को राहत राशि के अलावा कम्बल तिरपाल टैंट और दो महीने का राशन उपलब्ध करवाया गया है अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश टेबल टैनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं एसोसिएशन के प्रेस सचिव अरूण उनियाल ने बताया कि आज शिमला में हुई एक बैठक में अध्यक्ष पद के लिए अनुराग ठाक्र के नाम की घोषणा की गई